कल नाम वापस लिए जा सकेंगे

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आज से परीक्षा आयोजित हो रही है

परीक्षाओं के लिये कोरोना को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाए की गयी हैं राज्य सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को लाइसेंस फीस में राहत देने का निर्णय किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिसूचना के इस प्रारूप को मंजूरी दे दी है

इस बीच सरकार ने प्रदेश में वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट पर स्टाम्प ड्यूटी की दरों को भी कम करने का निर्णय लिया है

इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी के कोरोना संक्रमित होने पर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है सवाई माघोपुर में कल कोरोना जागरूकता आंदोलन के तहत नगर परिषद की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया मार्च में जिला कलेक्टर सहित कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए इस दौरान लोगों को कोरोना से बचाव का संदेश दिया इस मौके पर शहर के अंबेडकर सर्किल पर कोरोना जागरूकता रंगोली भी बनाई गई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देशभर में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक बी एल सोनी ने बताया कि आरोपियों ने परिवादी से बीकानेर में पेट्रोल पंप के संबंध में एनओसी जारी करने के लिए यह रिश्वत ली थी

इसके अलावा कई बैंक खाते और चल अचल सम्पत्ति का खुलासा हुआ है